मुख्यमंत्री ने होमगाड ्स में वैतनिक कार्मिकों की वर्दी धुलाई और पौष्टिक आहार भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की

आज विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने यह जानकारी दी सदन में भाजपा के उमेश शर्मा काऊ ने राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन का मामला उठाया

सत्र के तीसरे दिन सदन में आम जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाये गए सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने रोडवेज की नई बसों की खरीद का मामला उठाया

प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी और निर्दलीय विधायक ने कृषि और शहरी विकास विभाग से जुड़े सवाल प्राथमिकता के आधार पर उठाए शोर शराबे के बीच कई विधेयक भी सरकार ने पास कर दिए विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि एक बार फिर प्रश्नकाल पूरी तरह व्यस्थित रूप से चला उन्होंने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए

कार्यमंत्रणा के अनुरूप ही आज सदन में कार्य सम्पन्न किया गया

आज मुख्यमंत्री ने देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली

बाकी की प्रक्रिया गतिमान है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स कड़ी मेहनत और लगन के साथ राज्य की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले होमगार्ड्स के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की एमओयू मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और रेलवे लैंड डेवेलपमेंट प्राधिकरण के बीच देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्तारक्षित किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पहला ऐसा पीपीपी मॉडल है जिसे देश में उदाहरण के तौर पर अपनाया जाएगा उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब देहरादून रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा

रेलवे स्टेशन का निर्माण उत्तराखण्ड की वास्तुकला के आधार पर किया जाएगा हैदराबाद एनकाउंटर हैदराबाद के दिशा दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों आरोपियों को पुलिस ने आज तड़के मुठभेड़ में मार गिराया साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जनार ने चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है खबरों में बताया गया है कि अपराध की छानबीन के लिए पुलिस चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी वहीं हैदराबाद मुठभेड़ का प्रदेश समेत देशभर के लोगों ने खुशी जताई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पुलिस ने हमला करने वालों का एनकाउंटर किया है उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस घटना के दूरगामी परिणाम होंगे प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी हैदराबाद एनकाउंटर का स्वागत किया है उनका कहना है कि बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इससे समाज में महिला अपराधों के प्रति भय पैदा होगा शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह सही है क्योंकि ऐसे अपराधों की सजा इसी तरह की होनी चाहिए क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सी एनआरटी तथा एडिटोरियल रिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटर रिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं

आज देहरादून में पहली रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल यानि रुको एक्सप्रेस को इंडी दिखाकर आईआईपी में लगाये गये प्लांट के लिए रवाना किया गया इस मौके पर राज्य के सचिव एवं खाद्य आपूर्ति आयुक्त डॉ पंकज पांडेय ने कहा कि खाद्य तेल का जितनी बार इस्तेमाल किया जाता है वह स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक होता जाता है इससे कैंसर जैसे गंभीर रोगों का भी खतरा बना रहता है उन्होंने होटलों रेस्टोरेंट और खाद्य सामग्री बनाने वाले अन्य संस्थानों से अपील की है कि वे तीन से ज्यादा बार कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल न करें और तीन बार इस्तेमाल के बाद बचा हुए तेल बायोडीजल बनाने के लिए दे दें देहरादून के आईआईपी में वेस्ट खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने का संयंत्र लगाये जाने को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि स्ट्रीट फूड येंडर्स को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए इस मौके पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉ रंजन रे ने कहा कि तीन बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से बायो डीजल भी बनाया जा सकता है और जेट फ्यूल भी

इससे जहां लोगों को घातक हो चुके खाद्य तेल से बचाया जा सकेगा वहीं देश में आयात किये जाने वाले बायोडीजल में भी कमी लाई जा सकेगी

अंबेडकर श्रद्वांजलि प्रदेश भर में आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री सहित सभी विधायकों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रर के प्रति बाबा साहब का योगदान बहुमूल्य और उल्लेखिनीय है वे ऐसे व्यबक्ति थे जो समय से आगे चला करते थे देहरादून में घंटाघर पर बाबा साहब की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किये गए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मौके पर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किये इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गए सबकी योजना सबका विकास मिशन अंत्योदय सबकी योजना सबका विकास के तहत चम्पावत में जिलास्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिनी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में प्रोजेक्टर के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को अंत्योदय मिशन योजना के अंतंगत आम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने और धरातलीय सर्वे की जानकारी दी गयी प्रशिक्षण कार्यशाला में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक के अधिकारियों को नोडल नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया

फार्मर स्कूल रुदप्रयाग जिले मे पैतीस वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं को उन्नत खेती पशुपालन उद्यान और कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए फार्मर स्कूल का संचालन किया जा रहा है